और होमगार्ड विभाग के वेतन घोटाला मामले में डिवीजनल कमांडेंट सहित पांच वरिष्ठ अधिकारी गिरफ्तार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों के जीवन स्तर में काफो सुधार हुआ है योजना के तीन वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि सभी को आवास उपलब्ध कराने की योजना से देश के करोड़ों लोगों का सशक्तिकरण हुआ है उन्होंने कहा कि घर का मतलब सिर्फ़ चार दीवारें ही नहीं होता बल्कि यह लोगों के सपनों और आकांक्षाओं के पूरा होने का स्थान होता है

बाइट मैं पूरे सदन को बताना चाहता हूं पूरी स्थिति सामान्य हो चुकी है जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है पांच अगस्त के बाद एक भी व्यक्ति की पुलिस फायरिंग से मौत नहीं हुई है

पत्थरबाजी की घटना में गत साल की कंपेरिजन में कमी आई है राज्य सभा में पूरक प्रश्नों के जवाब में श्री शाह ने कहा कि इंटरनेट सेवाएं बहाल करने का फैसला उपयुक्त समय पर जम्मू कश्मीर के अधिकारियों की सलाह से और क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा बाइट इंटरनेट आज के जमाने में सूचना के लिए बड़ा महत्वपूर्ण उपक्रम है और उसको जितना हो सके उतना जल्दी चालू करना चाहिए परंतु जब देश की सुरक्षा का सवाल है कश्मीर घाटी के और जम्मू के नागरिकों की सुरक्षा का सवाल है और आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई का सवाल है तब हमें कहीं न कही प्रायोरिटी तय करनी पड़ती है और जैसे ही वहां के प्रशासन को उचित लगेगा हम तुरंत इस पर पुनर्विचार करेंगे श्री शाह ने यह भी कहा कि स्थानीय प्रशासन स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहा है और पर्याप्त मात्रा में दवाएं उपलब्ध हैं गृहमंत्री ने बताया कि पैट्रोल डीजल मिट्टी का तेल रसोई गैस और चावल भी समुचित मात्रा में उपलब्ध हैं श्री शाह ने कहा कि सभी स्कूल खुले हैं और लैंडलाइन फोन काम कर रहे हैं उन्होंने जोर देकर कहा कि उर्दू और अंग्रेजी के सभी अखबारों तथा टीवी चैनलों में सामान्य ढंग से काम काज जारी है केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी तैयार करने के दौरान मजहब के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा

एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने लोगों से मन की बात के लिए अपने विचार भेजने का आग्रह किया है

श्री योगी आज बलरामपुर में अपने दो दिवसीय दौरे के आख़िरी दिन जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था सीमा सूरक्षा और विकास काया की समीक्षा कर रहे थे बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के हर वर्ग और हर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के प्रति संकल्पित है और इस दिशा में प्रभावी क़दम उठाये जा रहे हैं उन्होंने कहा कि बलरामपुर श्रावस्ती और बहराइच ज़िलों के पिछड़ेपन को मददेनजर रखते हुए विकास का खाका तैयार किया गया है श्री योगी ने कहा कि श्रावस्ती और बलरामपुर में पर्यटन की अपार संभावनाएं है जिसे देखते हुए पर्यटन विभाग काम कर रहा है और जल्द ही इस क्षेत्र को हवाई सेवा से भी जोड़ दिया जायेगा बलरामपुर में चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिये किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का सेटेलाइट सेन्टर स्थापित किया जा रहा है और वह इसी वित्तीय वर्ष में काम करना शुरू कर देगा श्री योगी ने कहा कि बहराइच में मेडिकल कॉलेज की शुरूआत हो चुकी है और गोण्डा में जल्द ही मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मंजरी करा ली जायेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि देवोपाटन मंडल के तीन ज़िले नेपाल सीमा से सटे होने की वजह से काफो संवेदनशील है इसलिये सीमा पर सुरक्षा के लिहाज से पूरी सतर्कता बरती जा रही है

समीक्षा बैठक में समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री जनपद के प्रभारी मंत्री चेतन चौहान सहित पार्टी के कई विधायक भी मौजूद थे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

राज्य पुलिस ने होमगाड विभाग के वेतन घोटाले और गौतमबद्ध नगर स्थित होमगार्ड कार्यालय में आग लगने की घटना के सिलसिले में होमगार्ड विभाग के पांच वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तार किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश के बाद आज जिन अधिकारियों को गिरफ़्तार किया गया है उनमें डिवीजनल कमांडेंट राम नारायण चौरसिया सहायक कंपनी कमांडर सतीश प्लाटून कमांडर मोंटू सतवीर और शैलेंद्र शामिल है यह घोटाला एक सप्ताह पहले प्रकाश में आया था और एक दिन पहले नोएडा स्थित होमगार्ड कार्यालय में आग लगने की घटना हुई थी इस बीच सूचना विभाग के मीडिया सलाहकार शलभमणि त्रिपाठी ने आकाशवाणी को बताया कि यह गिरफ़्तारियां भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का नतीजा है

इसके अलावा मेरठ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग घोटाले के संबंध में भी जांच के आदेश दिये गये हैं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि केन्द्र और राज्य सरकार का प्रयास है कि दो हजार बाईस तक प्रदेश के प्रत्येक गरीब को पक्का मकान उपलब्ध करा दिया जाये

प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं का जिक्र करते हए उन्होंने कहा कि पिछले ढाई वर्षो के दौरान राज्य के सभी गांवों को मुख्य मार्गो से जोड़ दिया गया है इनमें प्रतापगढ़ ज़िले के इकहत्तर गांव ऐसे हैं जो मुख्य मार्गो से जोड़े गये हैं

उधर सुल्तानपुर में श्री मौर्य ने तैंतीस सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया

इस दौरान श्रीमती मेनका गांधी ने अयोध्या प्रयागराज बाईपास के चौड़ीकरण की मांग भी की राज्य सरकार के कडे रूख के बाद सभी जिलों में पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई का क्रम जारी है बरेली में जिला प्रशासन ने पराली जलाने वाले इकयासी किसानों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है और इसकी रोकथाम में शिथिलता बरतने वाले दो कृषि सहायकों को निलम्बित कर दिया गया है पराली जलाने के सबसे ज्यादा मामले ज़िले के बहेड़ी इलाक में प्रकाश में आये हैं इसका संज्ञान लेते हुए वहां के उप जिलाधिकारी को भी स्थानान्तरित कर दिया गया है जबकि पन्द्रह लेखपालों और थाना प्रभारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है वहीं पीलीभीत में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिये ज़िला कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम बनाया गया है पिछले चौबीस घंटों के दौरान जिले में पराली जलाने के आरोप में बीस किसानों को गिरफ़्तार किया गया है ज़िलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने लोगों से पराली न जलाने का आहवान किया है भारत सरकार ने उदार चिकित्सा वीजा नीति लागू होने के बाद विदेशियों को देश में उपचार कराने के लिए कई रियायतें देने की घोषणा की है दुबई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा जारी एक बयान के अनुसार विदेशी नागरिकों क लिये प्राथमिक वीजा को चिकित्सा वीजा में बदलने से छूट प्रदान की गई है

हालांकि अंग प्रत्यारोपण के मामले में इलाज की अनुमति सिर्फ़ मेडिकल वीजा पर ही दी जाएगी